मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संकमण को देखते हुये राज्य सरकार ने तीन मई तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने दो दिन पहले कुछ नयी श्रेणियों की दुकाने खोलने की छूट दी थी लेकिन झारखंड में यह लागू नहीं होगा श्री सोरेन ने कहा कि रियायत से पहले जो दुकाने खुलती थी सिर्फ वहीं दुकाने खूलेंगी उन्होंने कहा कि रांची के हिन्दपीढ़ी में निगरानी के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने वाहन में ही अनाज का पैकेट रखें और जहां जरूरतमंद दिखें उनके बीच वितरण कर दिया जाये श्री सोरेन ने राशन की कालाबाजारी रोकने के भी निर्देश दिये

अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गोंदिया कर्नाटक में देवनगिरी और बिहार में लखीसराय जिले इस सूची में शामिल हो गये हैं

स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गलत धारणाओं और आशंकाओं के कारण कई बार मरीज रोग छिपाने और समय से उपचार कराने से बचने की कोशिश करते हैं ऐसी स्थिति में वे केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि स्वस्थ हुए मरीज से इसके फैलने का खतरा नहीं है बल्कि वे प्लाज्मा देकर एंटीबॉडी के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सौ से अधिक हो गई है कल एक ही दिन में बीस से अधिक लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब तक एक सौ तीन हो गई है

आपात उपायों के तहत रांची जिले की सीमायें पूरी तरह सील कर दी गई है और किसी भी वाहन को अनुमति के बिना जाने नहीं दिया जा रहा है

फिर भी प्रशासन की ओर से चौकसी बरती जा रही है उपायुक्त वरूण रंजन ने जिला प्रशासन की ओर से अबतक की गई तैयारियों की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी

श्री मोदी ने सुझाव दिया कि देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षित करने और आर्थिक गतिविधियां प्रनर्जीवित करने के बारे में द्विस्तरीय रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत होगी

केन्द्रीय माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और स्थिति सामान्य होगी सरकार देश में सीबीएसई परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा करेगी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेन्द्र सैनी परिचर्चा में भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सूना जा सकता है

इसे लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कल दिशा निर्देश जारी कर दिया है उधर देश के सभी प्रमुख राज्यों में गेहूं की खरीद तीव्र गति से चल रही है

उपमोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि खरीद की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मौसम में चार सौ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल हो जाने की संभावना है

कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से आज जिले के अलग अलग इलाकों में रह रहे थर्ड जेंडर के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया उपायुक्त रमेश घोलप की अगुवाई में मौजूद अधिकारियों ने थर्ड जेंडर के बीच खाद्यान्न सामग्री वितरित किए इस मौके पर किन्नरों ने जिला प्रशासन से खाना बनाने के लिए गैस भी उपलब्ध कराने की मांग की इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि हर जरूरतमंद तक सरकार के निर्देशों के अनुसार राहत पहंचाई जा रही है उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से फूड बैंक की स्थापना की गई है और वहाँ से भी लोगों को खाद्यान वितरित किया जा रहा है

कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार गरीब और जरूरतमंद तथा किसानों के हित में कई बड़े कदम उठा रही है केंद्र द्वारा इस आपदा की घड़ी में किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में दो दो हजार रुपए डीवीटी के माध्यम से जमा करवाए गए हैं ताकि किसान अपने कृषि कार्य सुचारू रूप से कर सके

जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाये रखना जरूरी है ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट संबंधियों को उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफीलेक्सिस की टेबलेट लेनी चाहिए

चतरा जिले में पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान के दौरान जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से साढे पांच किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

मौसम विज्ञान विभाग के रांची केन्द्र ने रांची पलामू चतरा कोडरमा देवघर दुमका सहित कुछ जिलों में अगले दो तीन घंटों में बारिश की चेतावनी दी है इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाए चलेंगी